किसानों को नया फसली ऋण वितरण तेजी से किया जा रहा है

बांसवाडा के मादलदा जालिमपुरा छोटी सरवन में किसानों को आज ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए

पेट्रोलियम विभाग के निदेशक बी एस राठौड़ ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि बैठक में अब तक हए कामों की समीक्षा की गई था श्री राठौड़ ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में रिफाइनरी के लिए एक हजार करोड रुपये के कार्य करवाए जाएंगे

यह वार्षिक सम्मेलन तीनों रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच सभी संयुक्त मुद्दों पर शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श का मंच है

केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में कहा कि इससे महिलाएं और बच्चे जरूरत पड़ने पर आसानी से मदद मांग सकेंगे श्रीमती गांधी ने कहा कि सभी आश्रयस्थलों पर महिला और बाल सहायता टेलीफोन नम्बर के पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे

आज मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश में सरकारी संस्थानों की तरह आरक्षण का फायदा मिलेगा

इस कार्यशाला के उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में महिला और बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से माहवारी के बारे में भ्रांतियां दर कर जागरूकता बढाई जायेगी

एक महीने तक चलने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर चुने जाने वाले सबसे अच्छे जिलों और राज्यों को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा इनमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण और उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई और ग्रामीणों की मौखिक तथा ऑनलाईन राय सर्वेक्षण के मूल्यांकन का मापदण्ड होगी ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की ओर से आज जयप्र में इस संबंध में एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सभी जिलों से अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उप जिला कलेक्टरों ने भाग लिया

बीकानेर गंगानगर और हनुमानगढ जिलों के लिए होने वाली सेना भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया चल रही है

प्रतापगढ जिले के छोटी सादड़ी कस्बे में तड़के हुए क्लोरीन रिसाव पर पांच दमकलों की मदद से काबू पा लिया गया गैस लीकेज के कारण इस दौरान तीन दमकल कर्मियों तबियत बिगड़ गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है

विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाये गये जल से आज भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है महादेव मंदिरों में आज दिनभर जलाभिषेक और रूद्राभिषेक के आयोजन हो रहे हैं

देवस्थान विभाग की ओर से सावन के सभी सोमवारों पर प्रदेश के शिव मन्दिरों में रूद्राभिषेक का आयोजन करवाने की व्यवस्था की गई है दौसा प्रतापगढ बांसवाडा जैसलमेर और कोटा सहित अन्य जिलों से श्रद्वालुओं द्वारा शिव पूजन के समाचार मिले हैं